हरियाणा में आज भी कोहरे व शीत लहर से आम जन जीवन प्रभावित रहा

इससे डिब्बों की बढती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी

हरियाणा के कुरूक्षेत्र में बनाए जाने वाले ऐलिवेटिड रेल ट्रैक का डिजाइन हरियाणा रेल आधारभूत संरचना विकास निगम की तकनीकी टीम द्वारा तैयार करके इसे अंतिम स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को भेजा गया है इस परियोजना के प्रारूप पर केन्द्र सरकार की अनुमति मिलते ही आगामी फरवरी माह में निविदाए जारी कर दी जायेंगी और मार्च में इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया जायेगा

इसमें से सवा सौ करोड़ रूपए राज्य सरकार औश्र सौ करोड़ रूपये रेलवे द्वारा खर्च किए जायेंगे उन्होंने बताया कि हरियाणा रेल आधारभूत संरचना विकास निगम की तरफ से नियक्त की गई एजेंसी से मिट्टी की जांच करवाई गई थी जिसे सरकार ने पास कर दिया है और अब ऐलिवेटिड रेल ट्रैक का डिजाइन अंतिम अनुमति के लिए केन्द्र सरकार के पास भेज दिया गया है

उन्होंने बताया कि इन दोनो निर्माण कार्यो के तहत निविदा प्रकिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही इनका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा श्री गोयल ने बताया कि इन दोनो मुद्दों को लेकर उन्होंने बीते दिनों केन्द्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल से दिल्ली में मुलाकात की थी और इन दोनो पुलों का निर्माण करवा कर समय के अनुरूप लोगों को सुविधा देने का अनुरोध किया था वायु सेना की विभिन्न शाखाओं के फलाईट कैडेटों का प्रशिक्षण प्ररा होने के अवसर पर आज डुंडीगल वायु सेना अकादमी में संयुक्त परेड करवाई गई इस अवसर पर वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की उन्होंने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया

इस अवसर पर श्री भदौरिया ने कैडेटों से युद्ध कला में सक्षम होने और हर कार्य को पूर्णता के साथ पूरा करने का आग्रह किया उन्होंने कैडेटों से वायु सेना के मूल्यों और उसकी विरासत की रक्षा करने को कहा उन्होंने स्नातक कैडेटों को बधाई दी और कोर्स में उत्तीण होने वाले कैडेटों को पुरस्कार भी प्रदान किए

हमारी संवाददाता ने बताया कि दो दिवसीय विरासत मेले में पंचकूला के अलावा चण्डीगढ हरियाणा हिमाचल व अन्य प्रदेशों के हजारों पर्यटक भाग लेंगे आज विभिन्न स्कूलों के विद्यालयों ने रंगोली व चित्रकारी प्रतियोगिता में हिस्सा लियसा विभिन्न कलाकारों ने लोक नृत्य और संस्कृति से जुड़ी अन्य कलाओं का भी प्रदर्शन किया पिंजौर गार्डन को रंग बिरंगी लाईटों से सजाया गया है इस अवसर पर पर्यटन विभा के महानिदेशक विकास यादव ने बताया कि विरासत मेले को मूल से जोड़ने के उद्देश्य से इसमें कुम्हार बुलाए गए हैं ताकि बच्चे आजीविका के पुरातन धंधों की जानकारी प्राप्त कर सकें

हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि वह अगली बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लडने को तैयार हैं उन्होंने कहा कि वे सांसद सुनीता दुग्गल तथा मैं मिलकर क्षेत्र का बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाएंगे चौधरी रणजीत सिंह आज अपने धन्यवादी दौरे के दौरान सिरसा के रानियां हल्का के गांव कर्मगढ खुईयां नेपालपुर मोहरावाली और साहूवाला में ग्रामीणों की जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस दौरान उनके साथ सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल भी उनके साथ रहे ग्रामीणों द्वारा दोनों नेताओं का गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बच्चे बहत मासूम होते हैं और हम उनमें बचपन से जैसा भाव भरेंगे बड़े होकर वे वैसे ही बनेंगे

उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय बाल महोत्सव बच्चों का महाकृंभ है और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने प्रदेश के बच्चों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक ऐसा मंच प्रदान किया है जो देश व प्रदेश की संस्कृति की अनेकता में एकता प्रदर्शित करता है उन्होंने बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की भी प्रशंसा की और कहा कि बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर कलाकृतियां यहां प्रदर्शित की गई है जो कि बहुत ही जीवंत है

इस दौरान इस कार्य में कार्यरत कर्मियों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर रोक होगी और रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति भी की जाएगी

हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी है कोहरे व शीत लहर से आम जन को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कई स्थानों पर घनी ध्ध छाई हई है कई स्थानों पर हलकी बारिश भी हुई है मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि कल और प्रसों प्रदेश में कई जगह घनी ध्ंध छाये रहने की संभावना है यमुनानगर से हमारे संवददाता ने बताया है कि जिले में कोहरे व ध्ंध के कारण सड़क मार्गो पर वाहन चालकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने बताया कि लक्कड़ घास गुड़ व सब्जी मंडी में कोहरे की वजह से माल की कम आवक हो रही है